संविदा पर नियोजित महिला कर्मचारियों को भी शासकीय महिला कर्मचारियों की तरह एक सौ अस्सी दिनों का वेतन सहित प्रसूति अवकाश लेने की पात्रता मिलेगी

इसके अलावा राज्य में संविदा पर नियोजित महिला कर्मचारियों को भी शासकीय महिला कर्मचारियों की तरह एक सौ अस्सी दिनों का वेतन सहित प्रसूति अवकाश लेने की पात्रता होगी वहीं प्रदेश में सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए दस प्रतिशत की सीमा को डेढ़ माह तक की अवधि के लिए शिथिल किया जाएगा ये सभी फैसले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए इस निर्णय के अनुसार किसानों को राहत देने की पहल करते हुए कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत सभी पंपों पर बिलिंग के लिए फ्लैट रेट की सुविधा पंप की संख्या के अनुसार अलग अलग प्रस्तावित की गई है इसके तहत पांच एचपी तक क्षमता वाले द्वितीय पंप पर और पांच एचपी से अधिक क्षमता के प्रथम और द्वितीय पंप पर महीने में प्रति एचपी दो सौ रूपये लिए जाएंगे जबकि पांच एचपी और पांच एचपी से अधिक क्षमता के तृतीय और अन्य पंपों पर हर महीने प्रति एचपी तीन सौ रूपये की दर तय की गई है इस निर्णय के लागू होने के बाद कृषक जीवन ज्योति योजना में सहज बिजली बिल स्कीम के तहत किसानों को बिजली बिल की बकाया राशि के लिए जारी बिलों को विकल्प के अनुसार फ्लैट रेट पर संशोधित कर भुगतान की सुविधा दी जाएगी योजना के तहत किसान अगले वर्ष इकतीस मार्च तक विकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे

इसके साथ ही यह अवकाश एक सौ अस्सी दिवस या संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्ति तक जो भी पहले हो के लिए होगी एक अन्य फैसले के अनुसार नाई समाज के परंपरागत केश शिल्प के संरक्षण और उनके व्यवसाय के संवर्धन के लिए समाज कल्याण विभाग के तहत छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा

यह विधेयक बीते इक्कीस अप्रैल को जारी आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा विधेयक में दुष्कर्म के अपराधियों को कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है

वहीं बारह साल से कम उम्र की बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा हो सकती है दुष्कर्म के सभी मामलों की जांच अनिवार्य रूप से दो महीने में और ऐसे सभी मुकदमों की सुनवाई भी दो महीने में पूरी करनी होगी अपीलों के निपटारे के लिए छह महीने की सीमा तय की गई है

चिराग परियोजना राज्य के किसानों की आय दोगुनी करने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित चिराग परियोजना शुरू करने की तैयारी की जा रही है इस सिलसिले में कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त सुनील कुजूर की मंत्रालय में विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई बैठक में बताया गया कि छह वर्ष तक चलने वाली इस परियोजना के लिए पंद्रह सौ करोड़ रूपए की कार्ययोजना बनाई गई है प्रदेश के लगभग चार लाख किसान परिवारों को परियोजना से जोड़ा जाएगा इसके तहत किसानों को खेती बाड़ी की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता दी जाएगी किसानों के लगभग ढाई लाख उत्पादक समूह बनाए जाएंगे और लगभग छह हजार कृषि उद्यमों की स्थापना की जाएगी इसके अलावा पचास हजार युवाओं का कौशल उन्नयन किया जाएगा

सूची का पुनरीक्षण कार्य आज से शुरू होकर आगामी इक्कीस अगस्त तक चलेगा सूची पर आगामी इकतीस अगस्त तक दावा आपत्तियां की जा सकेंगी यह जानकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साह ने आज रायपुर में एक प्रेसवार्ता में दी उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों में वीवीपीएटी का इस्तेमाल होगा श्री साहू ने बताया कि पूरी जांच के बाद ही ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा उन्होंने बताया कि वर्तमान सूची के अनुसार राज्य में एक करोड़ इकयासी लाख से अधिक मतदाता हैं जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या इंक्यानवे लाख छियालीस हजार निन्यानवे है वहीं महिला मतदाताओं की संख्या नब्बे लाख बत्तीस हजार पांच सौ पांच है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए दो सौ इक्कीस मतदान केंद्र और स्थापित किए जाएंगे वहीं दो सौ तेईस मतदान केंद्रों का स्थान परिवर्तन किया जाएगा आयोग के पोर्टल पर मतदाता सूची के संबंध में ऑनलाइन आवेदन भी किए जा सकेंगे मतदाताओं में मताधिकार के इस्तेमाल के प्रति जागरूकता लाने के लिए सोशल मीडिया पर कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी

महिलाओं की इस पहल को कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक भी प्रोत्सहित कर रहे हैं

वहीं कबीरधाम जिले के चिल्फी थाना क्षेत्र में आज सुबह एक ट्रक के अनियंत्रित होकर पलट जाने से लगभग बीस मजदूर घायल हो गए हैं इनमें से सात की हालत गंभीर बताई जाती है काम के सिलसिले में ये मजदूर एक ट्रक पर सवार होकर मुंगेली से जबलप्र जा रहे थे तभी यह हादसा हुआ कोरबा में भी ट्रेलर की चपेट में आने से स्कूटी सवार दो महिलाओं के घायल होने की खबर है कांग्रेस जनसंवाद कांग्रेस के जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत आज राजधानी रायपुर से हई इसके तहत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात करेंगे रायपूर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र में हए इस कार्यक्रम में कांग्रेसजनों ने युवा मतदाताओं के बीच चौपाल लगाई इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष चरण दास महंत पूर्व नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा धनेन्द्र साहू और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर मौजूद थे इसके बाद कांग्रेसजनों ने शहर भ्रमण करते हुए व्यापारियों नए मतदाता मितानिन और महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों से मिलकर चर्चा की यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आगामी दस अगस्त तक चलाया जाएगा

प्रधानमंत्री ने ट्वीटर पर लोगों से विशेष रूप से तैयार किए गए नरेंद्र मोदी ऐप पर सुझाव देने को कहा है सुझाव माई जीओवी डॉट इन पर भी भेजे जा सकते हैं

इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं

रायपुर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र में हुए इस कार्यक्रम में कांग्रेसजनों ने युवा मतदाताओं के बीच चौपाल लगाई